इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है प्रदेश का मुख्य कार्यक्रम जिला कुल्लू में आयोजित किया जाएगा जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि मुख्यमंत्री कुल्लू में आज अटल दशहरा सदन का लोकार्पण करेंगे साथ ही उपायुक्त कार्यालय के बहुउदेशीय भवन का शिलान्यास भी करेंगे बाद में मुख्यमंत्री जिले की लग घाटी में डुपक डुखरी काहर सड़क का भूमि पूजन भी करेंगे परिवहन मंत्री गोविद ठाक्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहकर स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने का आहवान किया है हमीरपुर जिले के धंगोटा स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में कल उन्होंने कहा कि यूवा पीढ़ी का नशे की ओर आकर्षित होना चिंता का विषय है और इस पर समय रहते अंक्श लगना चाहिए क्रिसमस नववर्ष आज क्रिसमस धार्मिक उत्साह व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इस मौके पर प्रदेशभर के गिरिजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है मध्यरात्रि से ही विशेष प्रार्थना सभाएं चल रही हैं क्रिसमस को लेकर सभी आयु वर्ग विशेषकर इसाई समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है विधिक साक्षरता सोलन जिला राज्य स्तरीय विधिक साक्षरता पुरस्कार से नवाजा गया है अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी व सोलन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने बताया कि नई दिल्ली में हुए समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमबी लोकुर ने पुरस्कार प्रदान किया उन्होंने कहा कि जिले में दूर दराज क्षेत्रों तक लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के क्षेत्र में प्रदेशभर में अव्वल आंका गया है

पत्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है चार्जशीट की शुरूआत की तो मिलेगा करार जवाब चार्जशीट की प्रथा बंद होनी चाहिए अध्यक्ष उपाध्यक्षों की मौज शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है जयराम सरकार ने दोगुना किए मानदेय भत्ते पड़ेगा करोड़ों का अतिरिक्त भार

नशे की ओवर डोज से छात्र समेत दो की मौत हिमाचल में तमाम प्रयासों के वावजूद नशे में नकेल कस पाने में सरकार बेबस अमर उजाला ने ख़बर दी हिमाचल दस्तक की सुर्खी है चीट्टे ने ली एक और युवक की जान कोर्ट में बोले पी मित्रा मेरा पॉलीग्राफ टैस्ट न करवाओ शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है विशेष अदालत में पेश हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं पूर्व मुख्य सचिव ठेकेदारों को अब पीडब्ल्यू डी से नहीं मिलेगा सीमेंट व सरिया पत्र की एक अन्य ख़बर